तवांग में कौशल विकास संवेदनशीलता प्रेरणा और प्रशिक्ष चयन रैली दो हजार अट्ठारह को संबोधित करते हुए कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के संसदीय सचिव जेम्बी तशी ने कहा विभाग इस महीने से प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना को लागू करेगा जिसमें सत्तासी हजार बेरोजगार युवाओं को गारंटीकृत नौकरियों के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण समिति ने पूर्व बजट चर्चा के लिए उपमुख्यमंत्री चौन्ना मीन से मुलाकात कर राज्य में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चर्चा की सोसायटी द्वारा दिए गए सुझाए के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा बढ़ने के चलते मामलों को तेजी से जांचने हेतु बैंदरदेवा में फोरेंसिक लैब सक्रिय हो जाएगा

नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता कॉनरेड संगमा को कल मेघालय के नये मुख्यमंत्री के रुप में शपथ दिलाई जाएगी केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता के जे अलफोंस ने कल शिलंग में संवाददाताओं को बताया कि राज्यपाल गंगा प्रसाद ने श्री संगमा को राज्य में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है श्री संगमा को चौतीस विधायकों का समर्थन प्राप्त है असम के मुख्य मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि श्री संगमा को कुछ और विधायक भी समर्थन दे सकते है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दसवीं और बारहवी परीक्षा में बैठने वाले बच्चों को शुभकामनाएं दी है एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि विश्वास है कि छात्रों का कठिन और एकाग्रचित्त परिश्रम तथा निष्ठापूर्ण प्रयास उन्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएंगे वही प्रधानमंत्री ने टवीट कर कहा है कि बच्चों को मुस्कुराते हुए और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देनी चाहिए श्री मोदी ने हाल में विद्यार्थियों के साथ संवाद में परीक्षा देने वाले बच्चों से कहा था कि वे कभी भी हार नहीं मानने का जज्बा रखे न्यीशी एलाईट सोसायटी के अध्यक्ष बेंगिया तोलुम ने कल ईटानगर के जोलांग स्थित रिची में न्यीशी सचिवालय की आधारशिला रखी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा के ये भवन न्यीशी एलाईट सोसायटी और समुदाय के सभी गतिविधियो के लिए उपयोगी होगी उन्होंने इस सचिवालय के निर्माण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नाबाम तुकी द्वारा भूमि उपलब्ध कराने और विधायक ताकाम पारियो एवं पी ड़ब्लू डी के अधीक्षक अभियंता तेची रातू द्वारा भवन के निर्माण के लिए तीन करोड़ रुपए मुहैय्या कराने की सराहना की पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रो द्वारा नियमित निदेशक की नियुक्ति के विरोध में अनिश्चितकालिण हड़ताल आज सातवें दिन भी जारी नेरिस्ट के छात्र संघ पिछले सत्ताईस फरवरी से हड़ताल कर रहे है और अट्ठाईस फरवरी से आठ छात्र भूख हड़ताल पर है संस्थान पिछले चार वर्षो से नियमित निदेशक के बिना चल रहा है सांसद निनोंग इरिंग ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक पत्र लिखकर छात्रों संगठन द्वारा जारी अनिश्चित हड़ताल के बारे में जानकारी दी उन्होंने केंद्रीय मंत्री से निदेशक की जल्द नियुक्ति कर कक्षाए शुरु कराने का आग्रह किया सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तर टायर टू परीक्षा के कथित रुप से पेपर लीक होने के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिये हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों की मांगे स्वीकार कर ली है और मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिये हैं उन्होंने प्रदर्शनकारियों से विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की

पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में हाल के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की जीत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संसद भवन परिसर में जोरदार स्वागत किया गया बजट अधिवेशन के द्रसरे भाग के पहले दिन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कई केंद्रीय मंत्रियों और पार्ती के सांसदों के साथ श्री मोदी की अगवानी की और पार्टी की प्रशंसा में नारे लगाए